झारखंड सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण का निर्णय लिया है इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों के लौटने के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ा है इस खतरे को देखते हुए संक्रमित लोगों की अधिक से अधिक पहचान के लिए यह सर्वेक्षण होगा हालांकि इस दौरान अन्य स्वास्थ्य जांच भी होगी इस अभियान के तहत अठारह जून से इक्कीस जून तक व्यापक सर्वे चलेगा जिसके तहत सहिया अपने गांव के प्रत्येक घर का भ्रमण कर सर्वे करेंगी इस क्रम में सहिया प्रत्येक परिवार के चालीस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की जानकारी निर्धारित फार्म में भरेगी सर्वे के दौरान प्रत्येक घर के पांच वर्ष तक के बच्चों की ड्यू लिस्ट भी भरेगी ताकि टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों के नाम शामिल किए जा सके इसके बाद बाइस से चौबीस जून तक एएनएम तथा सीएचओ कैंप लगाकर चालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करेंगे इसमें उच्च रक्तचाप मध्मेह सांस संबंधी बीमारी टीबी के संदेहास्पद मामले लीवर मुंह का कैंसर कुष्ठ रोग अत्यधिक मोटापा आदि शामिल हैं राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेने पर अगले छह माह के लिए रोक लगा दी है सिविल सर्जन डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुशंसा न तो स्वास्थ्य विभाग से करेंगे और न ही स्वास्थ्य विभाग पूर्व में आए आवेदनों पर अपनी स्वीकृति देगा राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए यह निर्णयें लिया है राज्य में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है द्रसरी तरफ हाल के दिनों में कई डॉक्टर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे रहे थे राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की उपसचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने सभी क्षेत्रीय उपनिदेशकों तथा सिविल सर्जनों को डॉक्टरों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर लगी रोक की जानकारी देते हए इसे सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है राज्य के दो आइपीएस अधिकारी सहित चार डीएसपी का तबादला किया गया है जबकि चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार मिला है गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना कल जारी कर दी है आइजी रेल सुमन गुप्ता को आइजी प्रोविजन और पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे आइपीएस नौशाद आलम अंसारी को रांची का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है रांची के एसपी ग्रामीण का पद ऋषभ झा के चतरा एसपी के पद पर स्थानांतरण होने के बाद से ही प्रभार में चल रहा था आइपीएस अधिकारियों के साथ ही राज्य के चार डीएसपी का भी तबादला किया गया है जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट के डीएसपी सिरिल खलखो को एसआइएसएफ बोकारो का डीएसपी बनाया गया है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

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

झारखंड के एक हजार पांच सौ श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन बीआओ में रोजगार मिलेगा सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में कराने जाने वाले सड़क निर्माण कार्य से जुड़ेंगे इस सिलसिले में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार ने कल झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों की बहाली में श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाए इनकी नियुक्ति में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाए इसमें बिचौलियों की किसी तरह की भूमिका नहीं होनी चाहिए श्रमिकों के हित से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में भी रोजगार के अवसर बढ़ायेगी जैसा कि आपको मालूम हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दूमका दौरा मौसम खराब होने के कारण रदद हो गया जिसके बाद श्री सोरेन ट्रेन को रवाना नहीं कर पाएंगे रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा इसके लिए विभाग ने दस दस बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं जिनमें से प्रत्येक बोगी में सोलह कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक पाँच हजार दो सौ इक्कतीस बोगियों को तैयार किया जा चुका है रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए हैं जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरुरी हो गया है फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए एक सौ अंठावन स्टेशनों पर पानी और चार्जिंग की तथा अंठावन स्टेशनों पर पानी की विशेष सुविधा उपलब्ध है झारखंड में एक लाख से अधिक कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है राज्य में अब तक एक हजार छह सौ सात संकमित मिले हैं जिनमें एक हजार तीन सौ ग्यारह प्रवासी मजदूर शामिल हैं राज्य में पिछले चौबीस घटे के दौरान छप्पन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि छह सौ तीस मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कुल सकिय मरीजों की संख्या नौ सौ उनहत्तर हो गई है राहत की बात यह है कि सभी प्रवासी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं हजारीबाग जिले में मनरेगा योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में प्रवासी मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है कटकमदाग प्रखंड के सलगांवां में डोभा निर्माण में करीब दो दर्जन मजदूर लगाये गए हैं इनमें कई प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं इस दौरान मजदूरों के चेहरे पर रोजगार पाने की खुषी दिखी

इससे पहले आज सुबह से ही राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है विभाग के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने बताया कि दक्षिणी ओडिशा व दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कल मॉनसून ऑनसेट हो चुका है उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम मेघालय अरूणाचल प्रदेश में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है

श्री कोटाल ने बताया कि पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों में बना निम्न दाब क्षेत्र प्रभावी हो चुका है

पाक्ड़ जिले में साइबर अपराध पर रोक लगाने और साइबर अपराधियो की साजिश से जिलेवासियों को बचाने के लिए प्रषासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी है

उन्होंने कहा कि मैट्रिक इंटर साइंस और कामर्स का रिजल्ट एक साथ जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जायेगा और उसके बाद इंटर कला का रिजल्ट भी जुलाई में ही जारी किये जाने की संभावना है झारखंड में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के स्टॉक बाहर ले जाने की समय सीमा दो दिन पहले खत्म हो चुकी है स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों व उपायुक्तों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी देते हुए अभियान चलाकर पान मसालों और गुटखा के भंडारण वितरण तथा बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है अभियान के दौरान पान मसाला या गुटखा पकड़े जाने पर न केवल जब्ती होगी बल्कि जिम्मेदार लोगों पर निर्धारित प्रावधान के तहत कार्रवाई भी होगी